उन्होंने कहा कि इसमें कोई नया कर नहों लगाया गया है साथ ही इसमें वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और यूवाओं के विकास को केन्द्रित किया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिये बजट के मदों में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में राज्य में दो लाख इक्यासी हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई है मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान एक लाख सैंतीस हजार पुलिस में भर्तियां की गई है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए पीएसी की चौव्वन कम्पनियों को बहाल किया गया है पीएसी की तीन नई महिला कम्पनियों का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में निवेश के लिये सुरक्षित माहौल दिया है जिसके कारण राज्य के प्रति लोगों का निवेश करने का रूझान बढ़ा है पैंतीस लाख युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्यवाई की गई है

एक लाख बीस हजार स्कूलों में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत ड्रेस किताबों और स्वेटर आदि की व्यवस्था की गई है

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य कृषि सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है गन्ना किसानों का रिकार्ड नवासी हजार करोड़ रूपये का भुगतान सरकार ने किया है उन्होंने कहा कि राज्य में चालू सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हाते ही बीस लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार गाय और किसानों की फसल दोनों की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आर्थिक समावेशी क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है

उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से लोगों को काफी लाभ मिला है

उधर विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाज के निर्धन व्यक्ति को आधार मानकर समग्रता स बजट को पेश किया गया उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये कानून व्यवस्था के आंकड़ों को गलत बताया वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये महंगाई का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की इस मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया

उन्होंने बताया कि सरकार इस वर्ष अक्टूबर नवम्बर में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्राम सभाओं को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है

कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केवल इस उद्यम क्षेत्र से ही देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की और रोजगार की समस्या जो है उसका उपाय जो है एमएसएमई सेक्टर के ही विकास में है

आने वाले समय में और जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे ये आप सबके सहयोग से हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खां उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे विधायक अब्द्रला खां को आज रामपुर से सीतापुर जेल में स्थानान्तरित किया गया आजम खां उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के एक मामले में रामपूर को अदालत ने जमानत दिये जाने से इंकार करते हुए उन्हें दो मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिये थे सपा सांसद आजम खां पर अट्ठासी मुकदमे दर्ज है इस बीच आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मूख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खां से जिला कारागार सीतापुर में मुलाकात की इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम कर रही है बस्ती जिले के हरैया तहसील के कप्तानगंज क्षेत्र के एक स्कूल में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया है वहीं जिले की दुबौलिया थाना क्षेत्र में अर्थशास्त्र की परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के पैकेट के साथ छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया है जिला प्रशासन के निर्देश पर इन दोनों ही मामलों में केन्द्र व्यवस्थापक समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है इसके साथ ही इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला भी चर्चा में हैं बस्ती के मंडल आयुक्त अनिल सागर ने पेपर वायरल होने की जांच के आदेश दिये हैं उधर जौनपुर जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप में दो छात्रों को रेस्टीकेट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो मेरठ द्वारा स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय के ललितकला संकाय में तीन दिवसीय चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका आज समापन हो गया प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया इस अवसर पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल और विश्वविद्यालय की सीईओ शेल्याराज उपस्थित रही